उदघाटन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज देहरादून में ड्रोन एप्लिकेशन अनुसंधान केन्द्र और साईबर सुरक्षा केन्द्र का उद्घाटन किया देहरादून में स्थापित यह ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र देश का पहला प्रशिक्षण केंद्र है

इसकी मदद से युवाओं को तकनीकी शिक्षा की जानकारी मिल सकेगी आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस केंद्र में पॉलीटेक्निक कॉलेजों का चयन कर उन्हें भी ड्रोन एप्लीकेशन प्रोग्राम द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा उन्होंने कहा कि साईबर सुरक्षा केन्द्र की स्थापना से प्रदेश में साईबर क्राइम पर नजर रखने और अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को मदद मिलेगी निर्देश शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने प्राथमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत फर्जी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के निर्देश दिए हैं उन्होंने फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए नौकरी पाने वाले दोषी शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ऐसे प्रकरण में नियुक्ति देने वाले अधिकारियों पर भी कार्यवाही करने को कहा है

गौरतलब है कि प्रशासन ने पिछले पांच सालों में प्राथमिक विद्यालयों के लिए नियुक्त किए गए शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की सूचना पर उनकी जांच एसआईटी से करवाने का निर्णय लिया है मुआवजा राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौड़ी जिले के धुमाकोट क्षेत्र में पहली जुलाई को हुई बस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए एक करोड दो लाख पचास हजार रूपये की मुआवजा राशि जिला प्रशासन को भेजी है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से जारी इस धनराशि के तहत मृतकों को दो दो लाख और घायलों को पचास पचास हजार रूपये दिये जाएंगे जिलाधिकारी ने संबंधित तहसीलों को मुआवजा राशि वितरित करने के निर्देश दिये हैं

वृक्षारोपण अल्मोड़ा की जीवनरेखा कही जाने वाली कोसी नदी के कैचमैंट एरिया में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाकर एक घण्टे के भीतर एक लाख से भी ज्यादा पौधे लगाए जांएगे यह कार्यक्रम जनसहभागिता से पूरा किया जाएगा और इसकी निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जाएगी

उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण के लिए पौधो की व्यवस्था की जा चुकी है और गड्ढे खोदने का काम चल रहा है जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय जनता से अपील की है कि वे इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें प्राथमिकता मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि पलायन रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों को विकसित कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है मसूरी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चार और पांच अक्टूबर को देहरादून में इनवेस्टर मीट का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है श्री रावत ने सभी उद्योगों के पदाधिकारियों से इस इनवेस्टर मीट में अपने सुझाव देने को कहा

ऊधमसिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद दाते ने बताया कि एसआईटी ने तीरथ पाल के समर्पण करते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया मेडिकल जांच के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जायेगा तीरथ पाल पर बाजपुर में उपजिलाधिकारी के पद पर रहते हुए किसानों से सांठगांठ करके उन्हें कई गुना अधिक मुआवजा दिलाने के उद्देश्य से पिछली तारीख में जमीन को कृषि से गैरकृषि में बदलने का आरोप है

गठन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार और उद्योगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा

श्री रावत ने सेलाक्ई पुलिस चौकी को उच्चीकृत कर थाने में बदलने और इसमें महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने की बात भी कही उन्होंने जोर देते हुए कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने औरं राजस्व में वृद्धि के लिए उद्योगों के पदाधिकारियों से समय समय पर बैठक करना जरूरी है

इसके अलावा चमोली पौड़ी और रुद्रप्रयाग में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक बद्रीनाथ केदारनाथ और हेमकुण्ड साहिब में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है इस बीच आज प्रदेश में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला सुबह के समय हल्की धूप खिली होने के बाद दोपहर के समय बादल छाए रहे राज्य के कुछ हिस्सो में हल्की बूंदाबांदी होने के समाचार भी प्राप्त हुए हैं

एक समाचार एजेंसी के अनुसार पर्यटकों की संख्या बढ़ने के चलते चिड़ियाघर के राजस्व में भी वृद्धि हुई है

वन संरक्षक और देहरादून चिड़ियाघर के निदेशक प्रसन्न कुमार पात्रो ने बताया कि जू में जानवरों और पक्षियों के बेहतर प्रबंधन और अच्छे रखरखाव के चलते इस साल पर्यटकों की संख्या आठ लाख पार होने की उम्मीद है

मसूरी में आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री प्रकाश पन्त ने यह जानकारी दी